शीर्ष न्यायालय ने श्री वर्मा से सोमवार तक सीलबंद लिफाफे में अपना उत्तर देने के लिए कहा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सी वी सी की रिपोर्ट महाधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल को भी उपलब्ध कराई जाये मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी उच्चतम न्यायालय ने सी बी आई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें सी वी सी की रिपोर्ट उन्हें भी उपलब्ध कराने की मांग की गई थी सी बी आई प्रमुख आलोक वर्मा ने उन्हें अपना कामकाज करने से रोकने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है इसी पर शीर्ष न्यायालय सुनवाई कर रहा था

वित्तमंत्री अरुण जेटली आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोहों का शुभारंभ करेंगे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष सी के प्रसाद ने कल शाम मीडिया को बताया कि इस अवसर पर राष्ट्रीय उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार पाने वालों को सम्मानित किया जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन रावौड़ ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में श्री राठौड़ ने कहा कि जिम्मेदार और निष्पक्ष मीडिया राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है उन्होंने प्रिन्ट मीडिया में नैतिकता और उच्च मानक बनाये रखने की प्रतिबद्वता के लिए भारतीय प्रेस परिषद को बधाई दी है

सरकार ने यह फैसला इन शिकायतों के मद्देनजर लिया है कि कई कंपनियां मातृत्व अवकाश बारह सप्ताह से बढ़ाकर छब्बीस सप्ताह किए जाने के बाद गर्मवती महिलाओं को नौकरी देने से कतराने लगी हैं और कुछ ने तो उन्हें नौकरी से निकाल भी दिया है महिला और बाल विकास सचिव राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि नियोक्ताओं को इस वेतन के लिए दी जाने वाली धनराशि श्रम कल्याण उपकर निधि में जमा राशि में से दी जायेगी गौरतलब है कि पिछले वर्ष सरकार ने मातृत्व अवकाश की अवधि बारह सप्ताह से बढ़ाकर छब्बीस सप्ताह कर दी थी

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार मेजने को कहा श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार भेज सकते हैं एक नौ दो दो नम्बर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं

यह परिक्रमा आज सुबह श्रद्वा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में शुरू हुयी जो कल सुबह तक चलेगी इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्वालु राम जन्मभूमि कनक भवन हनुमानगढ़ी आदि मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर में अभिषेक के लिये भी श्रद्वालुओं की लम्बी कतार लगी हुयी है परिक्रमा के लिये सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं विवरण हमारे फैंजाबाद प्रतिनिधि से गोपाष्टमी और अक्षय नवमी की सांधि बेला होते ही लाखों श्रद्धालुओं ने अयोध्या की धूल माथे लगा चौदह कोसी परिक्रमा उठाई और देखते ही देखते बावन किलोमीटर लम्बा परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं से भर गया सम्पूर्ण परिक्रमा मार्ग पर धार्मिक जयघोषमहिलाओं के परम्परागत गीत और संत महंत साधुओं के भजन कीर्तन लगातार गुंजायमान हो रहे हैं नंगे पाँव श्रद्धाकुओं के बीच संतों की टोलियां परिक्रमार्थियों को उर्जा प्रदान कर रहीं है तो धार्मिक आस्था की डगर में महिलाओं बच्चों के साथ साथ वयोवृद्ध भी शामिल है स्वयंसेवी संगठनों ने जगह जगह शिविर लगाये हैं और प्रशासन क्लोस सर्किट टी वी के माध्यम से सम्पूर्ण मेला क्षेत्र पर नजर रखे हुए है

आज गोपाष्टमी से शुरू होने वाले इस मेले की पौराणिक महत्ता है कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्वालू गंगा में स्नान कर अपने पित्तरों की आत्मा की शांति के लिये यहां दीपदान और हवन पूजन करने के लिए आते हैं लाखों की संख्या में यहां होने वाली श्रद्वालुओं की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये जा रहे हैं